राजधानी भोपाल में इस अवसर पर बाजारों में भी खरीददारों की भीड़ दिखायी दे रही है द्रकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खास अंदाज में सजाया गया है मिष्ठान की दुकानों पर भी काफी लोग देखे जा रहे हैं इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और कपड़ों के शोरूम पर भी खासी भीड़ देखी जा रही है दरअसल धनतेरस के दिन से ही दीपावली मनाने का क्रम शुरू हो जाता है और इसका खासा प्रभाव दूज तक रहता है नागरिकों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार खरीददारी के अलावा आराध्य देवों की पूजा अर्चना की यह क्रम देर रात तक चलेगा जैन धर्मावलंबियों ने सुबह भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूर्जा अर्चना कर मोक्ष की कामना के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया जबलपुर ग्वालियर इंदौर और रीवा में भी दीपावली के मौके पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है शिवपुरी जिले में भी आज दीपावली की धूम है लोगों ने आतिशबाजी की दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट के नये निर्देश वाले संदेश के बेनर लगाये गये हैं

लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों को आकर्षक रूप से सजाया है

इस संबंध में प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बल एवं सशस्त्र सुरक्षा बल के अतिरिक्त प्रदेश के बाहर से भी केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया गया है राज्य की सीमा पर अवैध शराब अवैध हथियार और असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों का उपयोग किया जाएगा इसके साथ ही एरिया डोमिनेशन बॉर्डर पेट्रोलिंग एवं मतदाताओं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिये भी केन्द्रीय सुरक्षा बल का उपयोग किया जाएगा

इससे मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी

केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल मोबाइल एप्प बनाया गया है इस पर निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

दीपावली के अवसर पर राजभवन में पर्यटन स्थल के फोटोग्राफ की प्रदर्शनी लगाई जायेगी तथा आकर्षक रोशनी की जायेगी रक्षामंत्री केन्द्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने आज सेना के जवानों से कहा कि वे सोशल मीडिया में आने वाली बातों पर भरोसा न करे श्रीमती सीतारमन अरूणाचल प्रदेश के हयुलियांग में वास्तरविक नियंत्रण रेखा के निकट सैनिकों से बातचीत कर रही थीं उन्होंने जवानों को सलाह दी कि वे फेसबुक और ट्वीटर में सेनाओं के बारे में आने वाली नकारात्मक खबरों से दूर रहें

श्रेष्ठ पुरस्कार संबंधित बीएलओ द्वारा ग्रहण किया जायेगा बीएलओ द्वारा प्रस्कार राशि का वितरण समृह के सदस्यों के बीच किया जायेगा जिला स्तर पर जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य किया जायेगा उन्हें शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा

निर्देशों में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना या उल्लंघन की दशा में संबंधित थाना प्रभारी को जिम्मेदार माना जायेगा

उद्घाटन सत्र में मुक्तिबोध की सामाजिक चेतना विषय पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ रामेश्वरम् तिवारी और डॉ राधावल्लभ शर्मा का वक्तव्य होगा चुनाव प्रचार चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रसारित किए जा रहे दो विज्ञापनों पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति को खारिज करते हुए इस पर लगायी गयी रोक को हटा लिया है कांग्रेस द्वारा कल यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष कांग्रेस का पक्ष रखा था कांग्रेस के विज्ञापनों को लेकर भाजपा का यह कहना था कि इससे हिंसक वातावरण निर्मित हो रहा है अब कुछ समाचार संक्षेप में बड़वानी जिले में प्राचीन महा लक्ष्मी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है

पन्ना जिले में शासकीय राशि का परिवहन जिला प्रशासन की जानकारी में लाकर करने के निर्देश दिये गये हैं उज्जैन में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर एक चिकित्सक सहित दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है